राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में श्री सक्सेना को शपथ दिलाई मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्य सरकार के अनेक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे गौरतलब है कि प्रदेश में नई सरकार चुने जाने के बाद विधानसभा का पहला सत्र सात जनवरी से शुरू होने वाला है पीसी शर्मा राज्य सरकार ने पिछले पंद्रह वर्षो के दौरान कथित तौर पर राजनैतिक विद्देष के चलते दर्ज किए जाने वाले आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा करने और उसके बाद ऐसे मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है राज्य के विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा ने आज कहा कि इस संबंध में उन्होंने विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर ऐसे सभी प्रकरणों की सरकार समीक्षा करेगी और संबंधित प्रकरण वापस लिए जाएंगे श्री शर्मा ने बताया कि इन प्रकरणों में वे प्रकरण भी शामिल हैं जो पिछले साल अप्रैल में दलित आंदोलन के दौरान विभिन्न वर्गों के खिलाफ दर्ज किए गए थे इन सब की भी समीक्षा होगी और बेकसूर लोगों के खिलाफ प्रकरण हटाए जाएंगे श्री शर्मा का साफ कहना है कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी कल्पना परूलेकर कांग्रेस नेत्री और पूर्व विधायक डॉ कल्पना परुलेकर का आज लंबी बीमारी के चलते इंदौर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

लगातार हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था चिकित्सकों के अनुसार आज सुबह साढ़े नौ बजे उन्होंने अंतिम सांस ली मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल्पना परूलेकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल्पना परूलेकर को श्रद्धांजलि अर्पित की डॉक्टर परूलेकर के निधन की खबर से उज्जैन महिदपुर सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है स्वस्थ यात्रा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देते हुए देशभर में निकाली गई स्वस्थ भारत यात्रा कल आगरमालवा जिले में प्रवेश करेगी खाद्य सुरक्षा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में इस यात्रा की जिम्मेदारी ली गई है सात जनवरी तक ये यात्रा आगरमलावा जिले में ही रहेगी और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को दैनिक रूप से लिये जाने वाले आहार के प्रति जागरूक करेगी

तीन और चार जनवरी को जिला मुख्यालय पर विभिन्न जागरूकता गतिविधिया आयोजित की जायेंगी और पांच जनवरी को आमला सुसनेर होते हुए ये यात्रा सोयतकला पहॅचेंगी दो दिन की गतिविधियों के बाद यात्रा राजस्थान के झालावाड़ की ओर प्रस्थान करेगी जल अभाव प्रदेश के उमरिया जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया गया है लगातार दो वर्षो से अल्प वर्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है इसके अंतर्गत अब जल स्त्रोतों से पीने के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए पानी लेने पर रोक लगा दी गई है इसके अलावा नये निजी हेडपंप और नलकूप खनन पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है मौसम पिछले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के रीवा शहडोल जबलपुर सागर ग्वालियर और होशंगाबाद संभागों में शीतलहर का प्रभाव रहा सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस उमरिया मण्डला और नौगांव में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा सीधी सिंगरौली छिंदवाड़ा मण्डला बालाघाट छतरपुर बैतूल दतिया ग्वालियर भिण्ड और मुरैना जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है

नीमच बुरहानपुर विदिशा धार देवास और इन्दौर के जिला प्रशासन द्वारा तहसीलदारों को नुकसान के सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है कृषि विभाग ने भी आरंभिक सर्वे में चना मसूर मटर अरहर और उद्यानिकी फसलों को नुकसान का आंकलन किया है वहीं शिवपुरी कलेक्टर ने टमाटर और सरसों की पाले से प्रभावित फसलों का निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये